रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए एक अरब अमरीकी डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा शिक्षक दिवस के अवसर पर कल देश भर में आयोजित किये गये विभिन्न कार्यक्रम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं को इस अवसर पर किया सम्मानित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रूस की अपनी सफल यात्रा के बाद आज प्रातः स्वदेश लौट आए इस दौरान दोनों देशों ने अपने सम्बंधों को नई ऊॅचाई देते हए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए भारत ने रूस के सुद्र पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए एक अरब अमरीकी डालर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल शाम ब्लादिवोस्तोक में पांचवे पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज की घोषणा से एक्ट फार ईस्ट नीति को नई शुरूआत मिलेगी फॉर ईस्ट के विकास में और योगदान देने के लिए भारत वन बिलियन डॉलर्स की लाइन ऑफ क्रेडिट देगा यह पहला मौका है कि हम किसी देरा के क्षेत्र विशेष को लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं

श्री मोदी ने कहा कि रूस का यह क्षेत्र संसाधनों से भरा है जो रूस और उसके मित्रों को अवसर प्रदान करता है प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्ट अप भारत की ताकत है और भारत तथा रूस के युवा दोनों देशों के विकास के लिए नई तकनीकों के साथ मिलकर काम कर सकेंगे अब टेक्नोलॉजी को जीवन का एक एक्सटेंडिड हिस्सा मान करके ही चलना होगा तो एक कॉमन गृड़स के लिए हम टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल कैसे कर सके और उसमें रशियन ब्रेन एण्ड इंडियन ब्रेन मिल करके उस काम को कर सकते हैं मैं समझता हूं हमारी युवा शक्ति इस विषय को लेकरके काफी कुछ कॉन्ट्रीबियूट कर सकती है श्री मोदी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भारतीयों की दक्षता और व्यवसायिक समझ रूस के इस सुदूर पूर्वी क्षेत्र के विकास में मदद करेगी

श्री मोदी ने पूर्वी आर्थिक मंच पर पचास से अधिक व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता जताई पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए काम कर रहा है और भारत को बैटरी बनाने के केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर काम कर रहा है प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए इस मंच पर उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद भी दिया बाद में प्रधानमंत्री वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय जिगोरो कानो जूडो प्रतियोगिता देखने गए यह पूर्वी आर्थिक मंच की मुख्य खेल स्पर्धा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन भी प्रधानमंत्री के साथ थे

विशेष न्यायाधीश अजय कमार कहर ने उन्हें उन्नीस सितम्बर तक तिहाड़ जेल भेजने का आदेश सुनाया न्यायालय ने उन्हें जेल में अपनी दवाएं ले जाने की अनुमति देते हुए निर्देश दिया है कि उन्हें जेड सुरक्षा मिली होने के कारण तिहाड़ जेल में अलग सेल में रखा जाए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भरोसा दिलाया है कि चिदम्बरम के लिए जेल में पर्याप्त सुरक्षा होगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में छियालिस शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किये ये पुरस्कार उन श्रेष्ठ शिक्षकों को दिये गये हैं जिन्होंने अपनी प्रतिबद्दता से न केवल स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार किये बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी बेहतर बनाया इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन न केवल एक महान दार्शनिक राजनीतिज्ञ और लेखक थे बल्कि एक विलक्षण शिक्षक भी थे स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के लगभग सभी पक्षों पर अपने श्रेष्ठ विचार व्यक्त किए हैं उन्होंने शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हुए कहा था कि रिक्षा का लक्ष्य मैन मेकिंग एजुकेशन होना चाहिए डॉ राधाकृष्णन कहा करते थे कि अच्छा शिक्षक वो है जो जीवनभर विद्यार्थी बना रहता है हमारे संवाददाता ने इस अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों से बातचीत की पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षक आश्तोष आनंद ने कहा मैं आयुतोष आनंद पूर्व माध्यमिक विद्यालय मियांगंज जनपद बाराबंकी उत्तरप्रदेश से हूं मैं स्थानीय वस्तुओं से जोड़कर बच्चों को साइंस पढ़ाने पर विश्वास करता हूं बच्चों से मॉडल बनवाए जाते हैं मेरे विद्यालय में चुकि उन्होंने बनाया है तो उसकी पूरी प्रक्रिया जानते हैं उसमें कौन सा विज्ञान का सिद्वान्त है ये भी वो जानते हैं मेरे विद्वालय के बच्चे जिन्होंने कभी भी कंप्रदर नहीं देखा है वो भी कंप्यूटर अब चलाना सीख गए हैं बहुत अच्छा लगता है उनको और साइंस समझने में बहुत आसानी हो जाती हैं

शिक्षकों को राष्ट्रीय विकास के निर्माता बताते हए उन्होंने बच्चों में लोकतंत्र समानता स्वतंत्रता न्याय धर्मनिरपेक्षता जनहित मानवीय गरिमा और मानवाधिकार के मूल्यों के प्रति सम्मान जगाने की सलाह दी वे कल नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के अवसर पर दिल्ली तमिल शिक्षा संघ के स्कूलों के शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर शिक्षक समुदाय को बघाई दी उन्होंने इस अवसर पर शिक्षकों से आग्रह किया है कि एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक का उपयोग खत्म करने में सक्रिय भागीदारी निभायें प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति डॉराधाकृष्णन के जीवन पर आधारित एक वीडियो लिंक को भी साझा किया कल लखनऊ में शिक्षक दिवस के अवसर पर लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले दो वर्षो में शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है शिक्षा को नकलविहीन बनाने के साथ ही एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को शिक्षा में लागू करने सहित कई महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं मुझे प्रसन्नता है कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों को तेजी के साथ आगे बढ़ाया उच्च शिक्षा में सत्र नियमित करने का हो या फिर वहां पर पठन पाठन का एक माहोल बनने की दिशा में किये जाने वाले प्रयास

माध्यमिक शिक्षा में हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी नकलविहीन परीक्षा कैसे सम्पन्न हो अच्छा लगा कि नकलविहीन परीक्षा प्रारम्भ होने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता की ओर ध्यान दिया जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि नये कानून बनाकर शिक्षा का सरलीकरण किया गया है और निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिये एक्ट बनाया गया है श्री योगी ने कहा कि रिक्षा मात्र प्रमाण पत्र लेने का माध्यम नहीं है बल्कि यह एक सर्वागीण विकास का रास्ता है उन्होंने कहा कि शिक्षा को सिर्फ सैद्वान्तिक ज्ञान तक सीमित न करे बल्कि छात्रों को देश और दुनिया के बारे में जानकारी दी जाये मुख्यमंत्री श्री योगी ने शिक्षा को प्रयोगपरक बनाने और शिक्षकों से लेखन की आवश्यकता पर बल देने को कहा उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक और कश्मीर में अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को हटाने पर स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिता होनी चाहिये कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले इकतीस शिक्षकों को सम्मानित किया

कल नई दिल्ली में मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस क्षेत्र के उद्यमियों के भुगतान में देरी अथवा भुगतान न करने की स्थिति में सरकार कठोर कदम उठायेगी

इन बंदियों पर उन्नीस लाख पांच हजार से अधिक आरोपित जुर्माने की धनराशि को विभिन्न गैर सरकारी संगठनों स्वयंसेवी तथा सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से जमा कराया गया